उनके पार्थिव शरीर कुछ दिनों में भारत लाए जायेंगे

श्रीमति सुषमा स्वराज ने अपने बयान में बताया कि जनरल वी के सिंह मारे भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर लेने ईराक जायेंगे मृतकों के पार्थिव शरीर लाने वाला हवाई जहाज पहले अमृतसर फिर पटना और अंत में कोलकाता ले जाया जायेगा जहां शवों को सम्बधित परिजनों को सौंपा जाएगा

गौरतलब है कि ये भारतीय पिछले तीन वर्ष से ईराक के मोसूल इलाके से लापता थे मंत्री ने बताया कि आंतकी गूट इस्लामिक स्टेट ने इनकी हत्या की है उन्होंने बताया कि बद्श में एक टीले तक तलाश अभियान चलाया गया जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि आई एस आई एस द्वारा यहां क्छ शवों को दफनाया गया है विदेश मंत्री ने बताया कि गहराई तक जाने वाली एक राडार के प्रयोग से पता चला कि ये टीला वास्तव में एक कब्र है जिसमें कई शवों को दफनाया गया है उन्होंने बताया कि भारतीय अधिकारियों ने ईराक के अधिकारियों से अन्रोध किया था कि वे शवों को बाहर निकाले

यहां से शवों को डीएनए जांच के लिए बगदाद भैजा गया बाद में संसद के बाहर जनरल वी के सिंह ने बताया कि कानून प्रक्रिया जारी है और शवों को वापिस लाने में कुछ और दिन लग सकते है

इसमें पंजीकृत श्रमिक व उनके परिवार के लिए लोग भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे इसके लिए हरियाणा निर्माण श्रमिक बोर्ड दवारा पूरा खर्च वहन किया जाएगा जिसके तहत श्रमिक को रहने खाने तथा मजदूरी मुआवजा दिया जाएगा तथा प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा हरियाणा सरकार की अपने डिग्री विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक कौशल के अनिवार्य घटक को शामिल करने की योजना है ताकि वे रोजगार प्रतिस्पर्धा का बेहतर तरीके से सामना कर सकें और अपनी पसंद का रोजगार प्राप्त कर सकें आरंभ में व्यावहारिक कौशल पर एक प्स्तिका तैयार करने का निर्णय लिया गया है जो विद्यार्थियों को संवाद कौशल जीवन कौशल और व्यवसाय कौशल विकसित करने में मदद करेगी उच्च शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि इस प्स्तिका का उददेश्य विदयार्थियों में आत्मविश्वास जागृत करना है प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सराकर प्रदेश में उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है जिसके चलते राज्य के शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है उन्होंने कहा कि हमारे विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली प्रम्ख च्नौतियों में से एक ये है कि इनमें अधिकांश में व्यवाहरिक कौशल और डिजीटल साक्षरता में उचित प्रवीणता की कमी है व्यवहारि कौशल में दक्षता के की विदयार्थियों को निजि क्षेत्र में प्रमुख राष्ट्रीय और बहराष्ट्रीय कंपनियों में बेहतर रोज़गार प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है

इस मेले में खरीफ फसलों के उन्नत बीज तथा जैविक खाद उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त किसानों को नवीनतम कृषि यंत्रों व उनकी कार्य प्रणाली की जानकारी दी जाएगी

इस मेले में किसानों के साथ साथ बीज उर्वरक कीटनाशक दवाओं कृषि मशीनें व यंत्र निर्माता कंपनियां भाग लेंगी किसानों को विभिन्न कृषि कार्यो के लिए उपय्क्त मशीनों यंत्रों एवं उनकी कार्य प्रणाली के बारे में जानने का अवसर मिलेगा

इस मेले में एग्रो इंडस्ट्रियल प्रदर्शनी भी लगाई जाती है जिसमें हरियाणा कृषि विश्वविदयालय लुवास तथा हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त विभिन्न कृषि निविष्टों तथा फार्म मशीनरी बनाने वाली कंपनियां भी भाग लेकर अपनी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करती हैं

एक सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है